इस दौरान उन्होंने छात्रों बौद्ध भिक्षुओं और शिश् देखभाल संस्थानों से बातचित के दौरान अपनी ख्शी जाहिर करते हुए कहा कि मठ का शिश् देखभाल संस्थान के रुप में फण्ड और योजनाओ का विवेकपूर्ण उपयोग पर आई सी डी एस के रिपोर्ट पर उन्हें प्रसन्नता है

गौरतलब है कि सत्रह सितंबर को बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई थी जिसमें दो लोगो की जान भी चली गई थी मिडियाकर्मियों से बात चीत करते ह्ए स्थानीय विधायक ने जानकारी दी की प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिती बहाल करने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई सहायता प्रदान नही किया गया है

प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हए दादाम सी ओ पिक तायोम ने कहा की प्रशिक्षण का उद्देश्य आगामी ए पी पी एस सी सी ई प्रीलिम्स को सही तरीके से आयोजित करवाना है प्रशिक्षण कार्यक्रम में साठ अधिकारी उपस्थित थे

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त गोहपुर तिनाली के तेईस वर्षीय व्यक्ति को निमोनिया की शिकायत के बाद सोमवार को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल चिंपू में भर्ती कराया गया था राज्य में पिछले चौबीस घंटो में स्वस्थ होने वाले लोगो की संख्या नए मामलों से कम रही है मंगलवार को दो सौ पचपन कोविड रोगी स्वस्थ्य हए और एक सौं पैतीस नए मामले सामने आए राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर अस्सी दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार सात सौ बारह है और अब तक स्वस्थ्य होने वाले की संख्या ग्यारह हजार पैतीस हो गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में दो हजार तीन सौ पैतीस सैंपल लिए गए और अबतक दो लाख अद्वानबे हजार चार सौ नब्बे सैंपल लिए जा चुके है

वही एम एस एम ई जैसे मंत्रालयो के जरिए कृषि उत्पादक संगठनों को अपने उत्पादों को बाजार में बेहतर ढंग से पहचाने के लिए प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है नामसाई जिले के कृषि उत्पादक संगठन नामसाई ऑर्गनिक स्पाईसेस एण्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिडेट नोसाप ने खाड्य उत्पादों और स्थानीय हस्तशिल्पकारों द्वारा तैयार सामानों की बिक्री के लिए एक विक्रय केंद्र की श्रुआत की है